कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले आज नईदिल्ली में होगी सर्वदलीय बैठक

इसके लिए जल्द ही अध्यादेश लाया जायेगा इसके साथ ही पुलिस आरक्षक भर्ती में महिलाओं को ऊंचाई में तीन सेंटीमीटर की छूट दी जायेगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल हई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने पत्रकारों को बताया कि मध्यप्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां वकीलों को सुरक्षा देने के लिए कानून बनाया जा रहा है इस कानून में वकीलों के कामकाज में बाधा डालने या उनपर अनुचित दबाव बनाने पर एक साल की सजा और दस हजार रूपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में की गई घोषणा के अनुसार मंत्रिपरिषद ने पुलिस आरक्षक भर्ती में महिलाओं को ऊंचाई में छूट देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है

डॉक्टर मिश्र ने बताया कि सरकार ने केले की फसल की हानि पर अनुदान सहायता राशि के मापदण्डों में भी संशोधन करने का निर्णय लिया है अब पच्चीस से तैतीस प्रतिशत फसल क्षति होने पर पन्द्रह हजार रूपये तैतीस से पचास प्रतिशत क्षति पर सत्ताईस हजार और पचास प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर एक लाख रूपये प्रति हेक्टेयर अनुदान राशि दी जायेगी

नई दिल्ली में कल शाम न्यू इंडिया कॉन्क्लेव को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्र परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण दौर से गुज़र रहा है और देश के सवा सौ करोड़ लोगों ने यह कहकर विश्व मंच पर दस्तक दी है कि भारत ऊंचाइयों तक जाने के लिए तैयार है उन्होंने कहा कि इससे पहले भारत की गिनती पांच कमजोर देशों में की जाती थी लेकिन अब इसे विश्व की सबसे तेज़ी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है नर्मदा पार्वती मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर जिले की महत्वाकांक्षी नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना का शिलान्यास करेंगे इस अवसर पर आष्टा में आज किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है

इस अभियान को चरणबद्व रूप से पूरा किया जा रहा है

सर्वदलीय बैठक सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है इस बैठक में दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया जायेगा लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी संसद की कार्यवाही में सहयोग के लिए आज शाम विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है दूसरी विपक्षी दलों के नेताओं की कल बैठक हुई जिसमें सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों पर अपनाई जाने वाली संयुक्त रणनीति पर विचार विमर्श हुआ राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से संसद के आगामी मानसून सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने की अपील की है

उन्होंने कहा कि लोकसभा में भाजपा और और उसके सहयोगी दलों को बहमत प्राप्त है इसलिये सरकार को इसे पारित कराने में कठिनाई नहीं होनी चाहिये श्री गांधी ने कहा कि अब समय आ गया है कि सभी पार्टी राजनीति से उपर उठकर इस विधेयक को पारित कराने में सहयोग करें

इन कॉलेजों में इसी सत्र से प्रवेश प्रकिया शुरू की जायेगी इन तीनों मेडिकल कॉलेजों में पहले वर्ष में चार सौ विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहत कम समय में इन मेडिकल कॉलेजों के शुरू किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है उन्होंने इसके लिए विभागीय मंत्री और अधिकारियों को बधाई भी दी स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य मंत्री रूस्तम सिंह ने कहा है कि पन्द्रह अगस्त से पूरे देश में लागू की जा रही आयुष्मान भारत योजना में प्रदेश के लगभग पांच करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा ये योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम है उन्होंने कल भोपाल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के भवन की आधारशिला रखी इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रयासों से ही प्रदेश में मातु मृत्यु दर में बाईस प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी आई है मिशन का अपना भवन होने से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में और बढ़ौतरी होगी छात्रावास लोकार्पण उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने कहा है कि राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई नवाचार किये हैं पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर पद्धति खत्म की गई है और तीन हजार सह प्राध्यापकों की भर्ती भी की जा रही है उन्होंने कल भोपाल में उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान में सौ सीटर बालक छात्रावास का लोकार्पण करते हुए कहा कि विद्यार्थी शिक्षा के साथ ही सामाजिक सरोकार से भी जुड़े इसके साथ ही वे संस्कार और कौशल भी हासिल करें ताकि वे नई ऊंचाईयां छू सकें उन्होंने प्राध्यापकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की अपेक्षा करते हुए कहा कि शिक्षा क्षेत्र में बेहतर परिणाम देने में प्राध्यापकों का महत्वपूर्ण योगदान है किकेट भारत और इंग्लैंड के बीच तीन एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का निर्णायक अंतिम मुकाबला आज लीड्स में खेला जाएगा मैच भारतीय समयानुसार शाम पांच बजे शुरू होगा फिलहाल श्रृंखला एक एक की बराबरी पर है

मौसम बारिश मौसम विभाग के अनुसार अगले चौबीस घंटो के दौरान राज्य के होशंगाबाद इंदौर उज्जैन जबलपुर सागर शहडोल भोपाल रीवा ग्वालियर और चंबल संभागों के कई जिलों में अधिकतर स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अरब सागर में बने सिस्टम से फिर से एक बार मालवा क्षेत्र में तेज बारिश हो सकती है वहीं बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम छत्तीसगढ़ से धीरे धीरे प्रदेश की ओर बढ़ रहा है जिससे राजधानी भोपाल में तेज बारिश हो सकती है

पिछले चौबीस घंटो के दौरान प्रदेश के इंदौर और उज्जैन होशंगाबाद जबलपुर शहडोल संभागों के जिलों मे अनेक स्थानों पर बारिश दर्ज की गयी सबसे अधिक बारह सेन्टीमीटर बारिश कोलारस में दर्ज की गयी

वे यहां विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी

मेडिकल काउंसिल ने प्रदेश के तीन नये मेडिकल कॉलेजों को मान्यता दी